संसदीय चुनाव के दूसर चरण का प्रचार अभियान चरम पर है विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देशभर में रैलियां कर रहे हैं

वहीं इस चरण के दौरान प्रदेश की आठ सीटों नगीना सुरक्षित सीट अमरोहा बुलन्दशहर सुरक्षित सीट अलीगढ़ हाथरस सुरक्षित सीट मथुरा आगरा सुरक्षित सीट और फतेहपुर सीकरी के लिये मतदान कराया जायेगा राजनीति दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिये समर्थन हासिल करने के उददेश्य से चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा में पार्टी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान एनडीए सरकार की प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों के कुशल क्रियान्वयन से भारत द्निया में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है कांग्रेस पर प्रहार करते हुये उन्होंने कहा कि उसके नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ़ गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनमानस में भ्रम पैदा करना चाहते हैं सपा बसपा गठबंधन का ज़िक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि दोनों दलों ने वैचारिक मतभेद और आपसी मनभेद के बावजूद नरेन्द्र मोदी को सत्ता में आने स रोकने के लिये हाथ मिलाया है लेकिन मतदाता इस नकारात्मक सोच को कामयाब नहीं होने देगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फतेहपुर सीकरी में आयोजित एक जनसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबबर के पक्ष में वोट मांगे

उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में आयोजित जनसभा में कहा कि प्रदेश में सपा बसपा रालोद के पक्ष में माहौल बन चुका है श्री यादव ने कहा कि भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकारों की गलत नीतियों ने बेरोजगारों के सपनों वृद्वजनों की पेंशन और नौजवानों की आशाओं पर पानी फेर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पराजय के डर से गठबंधन के प्रत्याशियों के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रही है लेकिन वह अपने मंसूबे में सफल नहीं होगी सुश्री मायावती आज अमरोहा में बसपा प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सात संसदीय सीटों के लिये आज प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है पार्टी ने गोरखपुर से भोजपुरी कलाकार रविकिशन को प्रत्याशी घोषित किया है देवरिया से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है इसके अलावा प्रत्याशी के रूप में जिन नामों की घोषणा की गई है उनमें जौनपुर से केपी सिंह भदोही से रमेश बिंद अम्बेडकर नगर से प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता और संतकबीर नगर से प्रवीण निषाद शामिल हैं पार्टी ने संतकबीर नगर से निवर्तमान सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट काट दिया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग के समझौते को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में एक उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के सूजन को भी मंजूरी दे दी है इसके अलावा जीएसएलवी उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के चौथे चरण को जारी रखने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है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

निर्वाचन आयोग ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आगामी बहत्तर घंटे और बसपा सुप्रीमो मायावती पर अड़तालीस घंटे के लिये चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी है

आयोग ने यह कार्रवाई दोनों नेताओं द्वारा हाल ही में चुनावी जनसभाओं के दौरान की गई विवादित टिप्पणी के परिपेक्ष्य में की है इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कथित घृणा भाषणों का संज्ञान लिया है न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि इन दोनों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई को गई है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना था कि वह निर्वाचन आयोग के इस तर्क पर विचार करेगी कि उसके पास चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिज्ञों के घूणा भाषणों से निपटने के सीमित कानूनी अधिकार हैं शीर्ष अदालत ने इस बारे में आयोग के प्रतिनिधि को कल पेश होने को कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म को देखकर देशभर में शुक्रवार को इसके सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में फैसला ले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयेाग को यह निर्देश भी दिया कि वह इस बारे में अपना निर्णय बंद लिफाफ में अदालत को सौंपे

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले बुधवार को इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था आयोग का कहना था कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को उभारने वाली फिल्म को इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राफल मामले के उसके फसले को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलत ढंग से पेश किया है न्यायालय ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष इस बारे में सोमवार तक अपना स्पष्टीकरण दें प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस बारे में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर विचार करेगी लेखी ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने राफल फसले के बारे में शोष अदालत के जो उद्घरण दिये वे उस निर्णय में शामिल नहीं है

इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के नोटिस से यह साफ हो गया है कि राहल गांधी ने प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए जानबूझकर बयान दिया था भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी ने राफल लड़ाक विमान समझौते के बारे में न्यायालय की टिप्पणी को गलत ढंग से पेश किया था राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाजवादी पार्टी नेता आजम ख़ान को कल रामपूर में भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों के बारे में नोटिस जारी किया है आयोग ने कहा है कि खान की टिप्पिणयां अत्यंत अपमानजनक और अनैतिक हैं जा महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति अनादर दर्शाती हैं उधर भाजपा की वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव से कहा है कि वे इस मामले में मूक दर्शक न बने रहें नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया ने कहा है कि मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत पीएम किसान और ग्रामीण विद्युतोकरण जैसी योजनाओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है श्री पनगडिया ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिये प्रभावी उपाय किये हैं उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवाकर जीएसटी दिवाला और दिवालिया संहिता आईबीसी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी एनडीए सरकार के तीन प्रमुख आर्थिक सुधार हैं पाकिस्तान ने सद्भावना के तौर पर एक सौ भारतीय मछुआरों के दूसरे जत्थे को शनिवार को रिहा कर दिया

पहले जत्थे में एक सौ भारतीय मछुआरों को इस महीने की सात तारीख को रिहा किया गया था

समाप्त